मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री को पत्र लिखकर बिलासपुर में थल सेना छावनी की स्थापना जल्द किए जाने का किया अनुरोध

नीति आयोग की शासकीय परिषद की छठी बैठक में आज वीडियो कांफ्रेंस के जरिये अपने प्रारंभिक संबोधन में श्री मोदी ने यह बात कही प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष के बजट में उठाए गए रचनात्मक कदमों का स्वागत हुआ है जिससे राष्ट्र के मूड का पता चलता है श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर अभियान भारत के निर्माण का एक महत्वपूर्ण उपाय है इसका उद्देश्य न केवल स्वयं की बल्कि विश्व की जरूरतें पूरी करना है आत्मनिर्भर भारत अभियान एक ऐसे भारत का निर्माण का मार्ग है जो न केवल अपनी आवश्यकताओं के लिए बल्कि विश्व के लिए भी उत्पादन करे और यह उत्पादन विश्व श्रेष्ठता की कसौटी पर भी खरा उतरे देश के गरीबों को एम्पावर करने की दिशा में बैंक खाते खुलने से टीकाकरण बढ़ने से स्वास्थ्य सुविधा बढ़ने से मुफ्त बिजली कनेक्शन मिलने से मुफ्त गैस कनेक्शन मुफ्त शौचालय निर्माण की योजनाओं से उनके जीवन में खास करके गरीबों के जीवन में एक अभूतपूर्व बदलाव नजर आ रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का निजी क्षेत्र भी बड़े उत्साह के साथ आगे आ रहा है उन्होंने कहा कि वर्तमान बजट में बुनियादी ढांचे के लिए धन आवंटन सराहनीय है इससे रोजगार के हजारों अवसर पैदा होंगे मुख्यमंत्री नीति आयोग प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये शामिल हुए बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से छत्तीसगढ़ राज्य को विशेष पैकेज देने की मांग की बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ वनाच्छादित आदिवासी बहुल और खनिजधारित प्रदेश है जहां औद्योगिक विकास के लिए विशेष पैकेज की जरूरत है श्री बघेल ने प्रदेश में उद्योगों कृषि क्षेत्र अधोसंरचना माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास बस्तर में सिंचाई सुविधा बढ़ाने सहित राज्य सरकार की योजनाओं और नीतियों की जानकारी देते हुए छत्तीसगढ़ को अतिरिक्त आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराने का आग्रह किया उन्होंने वर्मी कम्पोस्ट खाद में भी रासायनिक उर्वरकों की तरह सब्सिडी दिए जाने नगरनार इस्पात संयंत्र का विनिवेश न करने के साथ ही कार्गो हब और निर्यात के लिए पोर्ट सुविधा की मंजूरी दिए जाने की भी बात कही बैठक में मुख्यमंत्री ने केंद्रीय पूल में छत्तीसगढ़ से साठ लाख मीटरिक टन चावल लेने और बोधघाट बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना के लिए केन्द्र सरकार से सहयोग दिए जाने का अनुरोध भी किया श्री बघेल ने माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में सड़क और पुलिया निर्माण तथा अधोसंरचना विकास के कार्यों के लिए लगाई गई शर्तो को शिथिल किए जाने का आग्रह किया स्वास्थ्य मंत्री कोविड टीका केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक बार फिर कहा है कि कोविड टीके सुरक्षित हैं उन्होंने सभी नर्सों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं स्वास्थ्य सेवा और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे कोविड वैक्सीन लेने के लिए आगे आएं कोविड टीकाकरण के बारे में गलत सुचनाओं अफवाहों और नकारात्मक संदेशों को खारिज करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कुछ भ्रामक धारणाएं जानबूझकर फैलाई जा रही हैं जो तथ्यपरक नहीं हैं उन्होंने लोगों से इनसे बचने को कहा उन्होंने कहा कि अभी तक एक करोड़ से अधिक खुराक सफलतापूर्वक और सुरक्षित रूप से दी गई है और यह टीके की सुरक्षा सिद्ध करती है स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से कोविड के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट होकर काम करने को कहा कोरोना समाचार देश में अब तक एक करोड़ सात लाख से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है इस बीच कोविड से ठीक होने की दर संतानवे दशमलव दो सात प्रतिशत हो चुकी है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक एक करोड़ छह लाख अटहत्तर हजार से अधिक रोगी इस संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं इधर छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्यकर्मियों और अंग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को कोरोना टीका लगाने का कार्य जारी है प्रदेश में अब तक दो लाख बीस हजार से अधिक स्वास्थ्यकर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना का पहला डोज लगाया जा चुका है वहीं प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तीन लाख दस हजार से अधिक हो गई है इनमें से तीन लाख तीन हजार से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं वर्तमान में लगभग तीन हजार मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है इस बीच प्रदेश में कोरोना से अब तक तीन हजार सात सौ तिरानवे लोगों की मौत हो चुकी है भाजपा महिला मोर्चा प्रदर्शन प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार और अनाचार की घटनाओं के विरोध में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा आज राजधानी रायपुर सहित प्रदेशभर में धरना प्रदर्शन किया गया इस मौके पर महिला मोर्चा की पदाधिकारियों ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाओं में लगातार वृद्वि हो रही है इन घटनाओं को रोकने में राज्य सरकार पूरी तरह से विफल रही है राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय ने आरोप लगाया कि बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार संवेदनशील नहीं है प्रदेश में बेटियां इतनी असुरक्षित हैं कि उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है पूर्व मंत्री और महिला मोर्चा की प्रदेश प्रभारी लता उसेंडी ने भी कहा कि प्रदेश सरकार को बहन बेटियों की सुरक्षा की चिंता नहीं है वहीं पूर्व मंत्री रमशीला साहू ने आरोप लगाया कि प्रदेश में महिला उत्पीड़न की घटनाओं पर अंकृश लगाने में राज्य सरकार पूरी तरह से असफल साबित हो रही है धरनास्थल पर कोरबा जिले की लेमरू पंचायत के ग्राम बरपाली में एक ही कोरवा आदिवासी परिवार के तीन लोगों की हत्या के पीड़ित परिवार की एकमात्र महिला भी मंच पर पहुंची धरना प्रदर्शन के बाद राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय के नेतृत्व में महिला मोर्चा के एक प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन में राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार प्रदेश में बढ़ते अपराध के आकड़ों को छिपाने के लिए भ्रमित जानकारी दे रही है छत्तीसगढ़ पूरे देश में अपराध के मामले में पहले स्थान पर है

इसके तहत पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने सोलह पुलिस अधिकारियों को सुपर इंवेस्टिगेटर सम्मान से सम्मानित किया

लेकिन थल सेना छावनी की स्थापना की प्रक्रिया फिलहाल लंबित है वहीं मुख्यमंत्री ने केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा को भी पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के हित में लघु वनोपज आधारित विकास के लिए दो सौ चौंतीस करोड़ रूपये के प्रस्ताव को जल्द स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया है श्री बघेल ने कहा है कि चालू वर्ष में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वनोपज संग्रहण में छत्तीसगढ़ पूरे देश में कुल संग्रहित मात्रा का लगभग बहत्तर प्रतिशत संग्रहण कर प्रथम स्थान पर है लाइट मेट्रो रेल छत्तीसगढ़ में अब लाइट मेट्रो रेल दौड़ेगी राजधानी रायपुर में लाइट मेट्रो रेल के लिए जल्द ही डीपीआर बनाने का काम शुरू होगा केंद्रीय आवासीय और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लाइट मेट्रो रेल परियोजना पर सहमति जताते हुए प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए हरी झण्डी दी है प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिवकुमार डहरिया ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री से मुलाकात कर उन्हें छत्तीसगढ़ में किए जा रहे विकास कार्यों की विस्तार से जानकारी दी स्कूल भवन मरम्मत लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों को आगामी शिक्षा सत्र से पहले स्कूल भवनों में आवश्यकतानुसार मरम्मत तथा रंग रोगन के कार्य पूरा कराने के निर्देश दिए हैं जिससे शैक्षणिक सत्र शुरू होने पर विद्यार्थियों को अध्ययन और अध्यापन में किसी भी तरह की असुविधा न हो वहीं अनुपयोगी अति जर्जर और जर्जर भवनों का परीक्षण तकनीकी अधिकारियों से कराकर रिपोर्ट के आधार पर उनकी मरम्मत अथवा ढहाने की कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं हमर ग्राम सभा पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव कल रात साढ़े सात बजे आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित विशेष कार्यक्रम हमर ग्राम सभा में राज्य शासन की नीतियों योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देंगे इस कार्यक्रम को मीडियम वेव नौ सौ इकयासी किलोहर्ट्ज पर सुना जा सकता है इस कार्यक्रम को प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र एक साथ रिले करेंगे हाथी उत्पात धमतरी जिले के गंगरेल बांध इलाके में इन दिनों हाथियों का दल विचरण कर रहा है हाथियों के दल ने गंगरेल बांध के पास बने उद्यान में उत्पात मचाया और वहां लगाए गए पेड़ पौधों झूले बिजली के खंभे गेट तथा सीसीटीवी कैमरों को क्षतिग्रस्त कर दिया कलेक्टर ने गंगरेल पर्यटन क्षेत्र के गार्डन बगीचा अंगारमोती मंदिर में पर्यटकों के दर्शन और वाटर स्पोर्ट्स में गतिविधियों पर आगामी आदेश तक प्रतिबंध लगा दिया है उधर जशपुर जिले में नारायणपुर थाना क्षेत्र के कुनकुरी वन परिक्षेत्र में बकरी चराने गए एक व्यक्ति पर हाथी ने हमला कर दिया जिससे उसकी मौत हो गई मौसम प्रदेश में आगामी चौबीस घंटों के दौरान हल्के बादल छाए रहने और मौसम शुष्क रहने की संभावना है वहीं न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट भी संभावित है मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक एक पश्चिमी द्रोणिका उत्तर पूर्व बिहार से दक्षिण पूर्व अरब सागर तक झारखंड छत्तीसगढ़ तेलंगाना कर्नाटक और उत्तर केरल के ऊपर स्थित है इसके असर से छत्तीसगढ़ में भी पिछले चौबीस घंटों के दौरान कुछेक स्थानों पर हल्की वर्षा दर्ज की गई

राजनांदगांव जिले के बोरतलाव थाना क्षेत्र के ग्राम खुर्सीपार में एक व्यक्ति की माओवादियों द्वारा हत्या किए जाने के बाद क्षेत्र में सुरक्षा बलों द्वारा सर्चिंग तेज कर दी गई है दुर्ग स्थित रविशंकर स्टेडियम में आगामी तीन से बारह मार्च तक थल सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा

राजनांदगांव जिले के कुमर्दा स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत स्कूल परिसर और आसपास के क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाकर पर्यावरण संरक्षण कोरोना से बचाव और स्वच्छता का संदेश दिया